सम्मेलन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपाल विकास योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रियेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है

मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से राज्य में पेयजल संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में श्री सिंह ने कहा कि राज्य में समय से वर्षा न होने के कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है जिससे सब्जी व फल की उपज प्रभावित हई है उन्होंने राज्य सरकार से पेयजल समस्या का आंकलन कर शीघ्र अपने स्तर से कार्यवाही कर पेयजल से वंचित स्थानों पर पानी की व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जारी परामर्श में कहा गया है कि चेतावनी की समयावधि के दौरान क्छ स्थानों पर बादल फटने या बिजली गिरने की घटनायें हो सकती हैं इसको देखते हए सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिये गये हैं परामर्श में कहा गया है कि इस दौरान आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारी नोडल अधिकारी और पुलिस मशीनरी हाई अलर्ट पर रहेंगे और किसी भी अधिकारी का फोन स्विच ऑफ नहीं रहेगा साथ ही असामान्य परिस्थितियों और भारी वर्षा की चेतावनियों के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों को आवागमन की अनुमति नहीं देने के लिए भी कहा गया है आहवान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में आम जनता की भागीदारी को जरूरी बताया है विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है उन्होंने कहा कि यदि आम जनता का सहयोग मिले तो प्रदेश को पॉलीथिन मुक्त बनाया जा सकता है श्री रावत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में प्रदेशवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है श्री रावत ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जन चेतना जागृत करने और इसके संवर्द्वन के लिए जनता जन प्रतिनिधियों स्वयंसेवी संस्थाओं आदि से अपील की है गौरतलब है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल पांच जून को मनाया जाता है और भारत इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कर रहा है

इससे पहले आज उच्चतम न्यायालय ने नीट के परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया

कुछ परीक्षार्थियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सभी को एक जैसा प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया और अंग्रेजी तथा तमिल के प्रश्नपत्रों में बहत अधिक अन्तर था

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से नई और उभरती खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलेगा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज जनता दरबार का आयोजन किया इस मौके पर लोगों ने भूमि पेयजल सड़क स्वास्थ्य और मुआवजा वितरण से संबंधित समस्यांए रखीं देहरादून से वाराणसी जाने वाली जनता एक्सप्रैस आज से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी

ट्रेन के दोबारा सुचारू होने से नजीबाबाद बरेली मुरादाबाद के यात्रियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी कमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं इस बार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाईन कर दी गई है

कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किये इस अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई